उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत आज गांवों में गरीबों को पक्का मकान मिल रहा है मुख्यमंत्री ने कहा कि पूर्व की सरकारें लोगों को राशन कार्ड भी दल और चेहरा देखकर देती थीं लेकिन आज सभी को पात्रता के हिसाब से योजनाओं का लाभ दिया जा रहा है मुख्यमंत्री आज गोरखपुर में पीपीगंज मेंहदावल मार्ग पर राप्ती नदी पर बने पुल का लोकार्पण करने के बाद जनसभा को संबोधित कर रहे थे बढ़या ठाठर पुल के शुरू हो जाने से गोरखपुर और संतकबीरनगर के लोगों को आवागमन में सुविधा होगी अपने संबोधन में मुख्यमंत्री ने कहा कि गोरखपुर और संतकबीरनगर के लोग कई दशकों से बढ़या ठाठर पुल के निर्माण की मांग कर रहे थे जो आज पूरी हो गई मुख्यमंत्री ने केंद्र और राज्य सरकार की योजनाओं की जानकारी देते हुए कहा कि आज प्रदेश में बिजली व्यवस्था में सुधार आया है उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार ने अपराधियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई कर राज्य में कानून व्यवस्था दुरूस्त की इससे आज प्रदेश में निवेश बढ़ा है स्वास्थ्य सुविधाओं पर मुख्यमंत्री ने कहा कि पहले गोरखपुर में एक मेडिकल कालेज था पर अब उनकी सरकार देवरिया बस्ती कुशीनगर और सिद्वार्थनगर में भी मेडिकल कालेज बना रही है श्री योगी ने कहा कि वर्ष दो हजार सोलह तक प्रदेश में मात्र बारह मेडिकल कालेज थे उनकी सरकार आने के बाद पिछले तीन साल में उन्तीस नए मेडिकल कालेज बने हैं मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश सरकार राज्य में बन्द पड़े उद्योगों को फिर से संचालित कर रही है उन्होंने कहा कि छबीस वर्षों से बन्द गोरखपुर का खाद कारखाना अगले वर्ष तक शुरू हो जायेगा जिससे हजारो लोगों को रोजगार मिलेगा इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने गोरखपुर और संतकबीरनगर जिले में एक सौ अस्सी करोड़ रुपये की परियोजनाओं का भी शिलान्यास किया वित्तमंत्री निर्मला सीतारामन ने कहा है कि सरकार देश को निवेश की दृष्टि से अधिक आकर्षक बनाने के लिए और आर्थिक सुधार कर सकती है आज नई दिल्ली में भारत स्वीडन कारोबार सम्मेलन में उन्होंने कहा कि सरकार ने इस संबंध में कारपोरेट कर में कमी सहित कई उपाय किये हैं श्रीमती सीतारामन ने कहा कि सरकार विमिन्न क्षेत्रों में और आर्थिक सुधार करने के लिए प्रतिबद्द है श्रीमती सीतारामन ने स्वीडन की कंपनियों को भारत की आधारभूत विकास योजनाओं मे निवेश के लिए आमंत्रित किया वित्तमंत्री ने स्वीडन के व्यापार उद्योग तथा नवाचार मंत्री इब्राहिम बेलान के साथ व्यापार और कारोबार के बारे में भी विचार विमर्श किया प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने कहा है कि विश्वविद्यालयों का लक्ष्य विद्यार्थियों को रोजगारपरक और मूल्य आधारित शिक्षा देना होना चाहिए उन्होंने कहा कि वर्तमान समय की आवश्यकता को देखते हए विश्वविद्यालयों को ऐसे पाठ्यक्रम संचालित करने चाहिए जिनसे छात्र छात्राएं रोजगार प्राप्त कर सकें श्रीमती पटेल आज जौनपुर में वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल विश्वविद्यालय के तेईसवें दीक्षांत समारोह को संबोधित कर रही थीं उन्होंने विद्यार्थियों से कठिन परिश्रम करने का आह्वान करते हुए कहा कि बुलंदी पर पहुंचना तो आसान है लेकिन उस पर ठहरना कठिन उन्होंने कहा कि बुलंदी पर बने रहने के लिए कठिन परिश्रम और अपने हनर को और अधिक प्रभावी बनाने के लिए सतत प्रयास करना आवश्यक है श्रीमती पटेल ने कहा कि देश की नई तस्वीर गढ़ने की जिम्मेदारी युवाओं की है उन्होंने युवाओं से सामाजिक कार्यो में भी रूचि लेने का आह्वान किया राज्यपाल ने कहा कि प्रदेश के विश्वविद्यालयों और कालेजों को गांवों को गोद लेकर ग्रामीणों को स्वच्छता स्वास्थ्य क्पोषण आदि के बारे में जागरूक करना चाहिए श्रीमती पटेल ने कहा कि विश्वविद्यालयों की यह पहल प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के देश की जनता को स्वस्थ व निरोगी रखने के सपने को साकार करने में सहायक सिद्ध होगी भारतीय जनता पार्टी संसदीय दल की आज नई दिल्ली में बैठक हुई इसमें संसद में अनुपस्थित रहने वाले पार्टी सांसदों के मुद्दे पर विचार विमर्श किया गया सूत्रों ने बताया कि रक्षामंत्री राजनाथ सिंह ने संसद में कई बार बड़ी संख्या में पार्टी सांसदों की अनुपस्थिति पर प्रधानमंत्री के असंतोष की जानकारी दी श्री सिंह ने सांसदों से विवेयक पास होने के दौरान सदन में बड़ी संख्या में उपश्थित रहने को कहा उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री ने कई बार सांसदों से सदन में उपस्थित रहने को कहा है लेकिन अनुपस्थिति का सिलसिला बरकरार रहा बैठक में महिला और बाल विकास मंत्री स्मृति ईरानी ने गर्भवती महिलओं और शियुओं में कुपोषण की समस्या से निपटने के लिए अपने मंत्रालय के प्रयासों के बारे में बताया सरकार ने राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम दो हजार तेरह के तहत लाभार्थियों को देशभर में कहीं से भी राशन खरीदने की सुविधा उपलब्ध कराना शुरू कर दिया है यह जानकारी उपभोक्ता मामलों खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री रामविलास पासवान ने आज लोकसभा में प्रश्नकाल के दौरान दी श्री पासवान ने बताया कि इस अधिनियम के तहत पात्र परिवार या लामार्थी देश में किसी भी उचित मूल्य दुकान से राशन प्राप्त कर सकता है